रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नागरिकता संशोधन कानून को मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के अमल पर रोक से इंकार किया मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जायेगा खेलो इण्डिया युवा खेल कल शाम गुवाहाटी में रंगारंग समारोह के साथ सम्पन्न उत्तर प्रदेश उन्तीस स्वर्ण पदकों समेत सत्तासी पदकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा

सूचना संचार टेक्नोलॉजी पर आवारित प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री ने नौ राज्यों में देरी से चल रही चौबीस हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं पर चर्चा की इनमें उत्तर प्रदेश बिहार ओडिसा तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं विलम्ब वाली ये परियोजनाएं रेलये सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं बैठक के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की श्री मोदी ने ई गवर्नेस के माध्यम से अपराध और अपराधियों पर नजर रखने वाले नेटवर्क की स्थापना में प्रगति का जायजा लिया

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में बताया कि मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ चालीस के अंतर्गत आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर इकत्तीस जुलाई तक करने का फैसला किया है श्री जावड़ेकर ने बताया कि नए केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन होगी दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये दो कॅद्रशासित प्रदेश थे अब एक बन गया है ये फैसला हुआ कि इसकी राजधानी दमन रहेगी और उसके कांस्टिक्सेनल अमेंडमेंट्स में जीएसटी वैट और एक्साईस का दो राष्यों के अलग अलग नियम अलग अलग नाम से थे अब एक नाम से होंगे इसके लिए जो आवश्यक तकनीकी प्रावधान करना है वो किया है मंत्रिमंडल ने दो हजार इक्कीस बाईस की अवधि के लिए चार हजार तीन सौ इकहत्तर करोड़ रुपये से अधिक राशि से नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए संशोधित लागत अनुमानों को भी मंजूरी दी जम्मू कश्मीर में सरकार के लोकसम्पर्क अभियान के अन्तर्गत दस केन्द्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधिमण्डल आज विभिन्न जिलों के अलग अलग प्रखण्डों का दौरा करेगा ये मंत्री अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और दिनमर लोगों के साथ बातचीत करेंगे उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में करीब अट्ठावन करोड़ रुपये की लागत से बनी बत्तीस जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के पांच जिलों बारामुला कुलगाम अनन्तनाग पुंछ और जम्मू के चालीस हजार पांच सौ परिवारों को नल का पानी मिलने लगा है दो लाख से अधिक लोग इसर्स लामान्वित हुए हैं जल शक्ति मंत्री ने विमाग के काम काज की समग्र समीक्षा की और प्रदेश में जल जीवन मिशन तथा केंद्र की अन्य योजनाओं का भी जायजा लिया

इससे पहले एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा लोग अपने पिचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर साझा कर सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम और माई जी ओ वी पर भी अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं

उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम आज पूरा विश्व भुगत रहा है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं श्री तोमर कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में नमामि गंगे के अंतर्गत आयोजित किसान गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती से जुड़ने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि गंगा को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाने में मदद मिलेगी इससे पूर्व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नमामि गंगे योजना के तहत गौ आधारित प्राकृतिक खेती प्रदर्शनी का श्मारंभ किया उन्होंने प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण किया और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए लाया गया है श्री राजनाथ सिंह कल मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा के जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक रैली को संबोधित कर रहे थे रक्षा मंत्री ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने और द्ष्प्रचार करने का आरोप लगाया उधर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल कानप्र में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम फैलाकर भड़का रहे हैं उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये अल्पसंख्यक हिन्दू सिख जैन पारसी बौद्व और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्बोधित किया श्री योगी ने नागरिकता संशोधन कानून की विशेषताएं गिनाते हुए कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले हताश हो चुके हैं और कानून के समर्थन में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में अधिकार है परन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचायेगा तो उसे बख्शा नहीं जायेगा उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का कानून है लेने का नहीं

मैं आप सबसे अपील करूंगा नागरिकता कानून पर प्रधानमंत्री जी ने पहले डी कह दिया है कि सीएए का एनआरसी से एनपीवार से कोई संबंध नहीं है लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास यह नागरिकता कानून देने का कानून है नागरिकता लेने का कानून नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा नागरिकता संशोधन कानून पर संदेह दूर करने के लिए आज आगरा में एक रैली को सम्बोधित करेंगे यह रैली नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर भाजपा के राज्यव्यापी अभियान एक हिस्सा है राज्य में दो सप्ताह के दौरान भाजपा की यह छठी विशाल रैली है श्री नड्डा के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में उनकी यह पहली रैली है उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर अधिनियम पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जाएगा अटॉर्नी जनरल के के वेण्गोपाल ने कहा कि सरकार को एक सौ तैंतालीस याचिकाओं में से करीब साठ याचिकाओं की प्रतियां ही मिली हैं और उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है

इन खेलों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने उत्तीस स्वर्ण अटठाइस रजत और तीस कांस्य के साथ क्ल सत्तासी पदक जीतकर प्रदेश को पदक तालिका में पांचवा स्थान दिलाया महाराष्ट्र अठहत्तर स्वर्ण समेत कुल दो सौ छप्पन पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा जबकि हरियाणा दिल्ली और कर्नाटक पदक तालिका में दूसरे तीसरे और चौथे पायदान पर रहे समापन समारोह को संबोधित करते हुए खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन खेलों का मकसद आने वाले भविष्य के लिए खेल प्रतिमाओं को तलाशना और तराशना है